अस्पताल के अधीक्षक डॉ डीएस मीणा ने बताया कि मरीज की अस्पताल में हुई जांच में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है गौरतलब है कि इटली निवासी एंड्रयू राज्य में घूमने आया था शनिवार को उसे कोरोना संदिग्ध मानते हुए अस्पताल में भर्ती किया गया था मरीज के बारे में इटली दूतावास को जानकारी दे दी गई है इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल अपने निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस वायरस के संबंध में केन्द्र सरकार की गाइडलाईन को पूरी तरह फॉलो किया जाये उन्होंने कहा कि विभाग ये सुनिश्चित करें कि कोरोना वायरस को लेकर जनता में किसी भी तरह का भय व्याप्त न हो महिला और बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश ने कहा है कि राज्य की महिलाएं घूंघट मुक्त हो ताकि निर्बाध रूप से जीवन यापन कर सके वे कल जयपुर में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के राज्यस्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही थी इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान की एक विशिष्ट पहचान बनाना राज्य सरकार का संकल्प है कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने कहा कि नारी शक्ति की पहुंच प्रत्येक क्षेत्र में होनी चाहिए जिससे समाज में उनकी भागीदारी बढ सके कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया इस अवसर पर डॉ अनुपमा सोनी को बेटी बचाओं बेटी पढाओं योजना की राज्यस्तरीय ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया

इस संबंध में विदेश व्यापार के महानिदेशक ने अधिसुचना जारी कर दी है एक ट्वीट में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यह निर्णय किसानों की आय बढाने में मदद करेगा आज विश्व वन्य जीव दिवस है ये दिन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए महत्व के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए हर साल तीन मार्च को मनाया जाता है इस बार वन्य जीव दिवस का विषय है धरती पर सभी जीवों का संरक्षण

भारत में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वन्य जीव दिवस मनाने के लिए बडे पैमाने पर तैयारियां की है इस अवसर पर जागरूकता शिविर फोटोप्रदर्शनी और कई कार्यकम आयोजित किए जा रहे है जयपुर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीकर के लक्ष्मणगढ के पास आज सुबह सड़क किनारे खडी एक बस को द्सरी बस ने टक्कर मार दी

वहीं एक दूसरे हादसे में फूलेरा रेवाडी रेलमार्ग पर मालगाडी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई सीकर में खाटूश्याम जी के लक्खी मेले में देश के कोने कोने से बडी संख्या में श्रद्वाल पहुंच रहे है पूरा वातावरण श्याममय बना हुआ है

मेले में आने वाले भक्तों के लिए जगह जगह भण्डारे लगाये गये हैं कल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी खाटूश्यामजी पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन किये और प्रदेश में अमन चैन तथा खुशहाली की कामना की